एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद ज्वालाजी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जन समस्यायें सुनेंगे मुख्यमंत्री का कल शिमला वापिस लौटने का कार्यक्रम है नवगठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट नीट और जेईई मेन जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन करेगी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इन परीक्षाओं का संचालन फिलहाल केंदीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है और इसका आयोजन देशभर के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जाता है जावड़ेकर ने कहा कि अब जेईई मेन और नीट की परीक्षायें वर्ष में दो बार होगी उन्होंने कहा कि एनटीए कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट तथा ग्रेजुएट फॉर्मेसी एप्टीटयूट टेस्ट का भी संचालन करेगी बिलासपुर जिला में फैल रहे डेंगू रोग पर नियंत्रण करने और लोगों को जागरूक करने के लिए उपायुक्त विवेक भाटिया ने प्रशासनिक दल के साथ कल डेंगू प्रभावित डियारा सैक्टर का दौरा किया उन्होंने घर द्वार जाकर लोगों को डेंगू से बचने के लिए जागरूक किया और संबंधित विभागों को साफ सफाई व अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए राज्य महिला आयोग के लोगो के लिए आमंत्रित प्रविष्टियों में मंडी जिला के धर्मेद्र क्मार की प्रविष्ट ने पहला कांगड़ा के नरेंद्र कमार ने दूसरा और शिमला जिला के सौरव लारजू की प्रविष्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया है राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव संदीप नेगी ने बताया कि आयोग द्वारा अपना लोगो चयनित करने के लिए प्रदेशभर से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी जिसके लिए डेढ़ सौ प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी आयोग की ओर से गठित तीन सदस्यीय टीम ने पहले तीन स्थानों पर रहीं प्रविष्टियों का चयन किया है किन्नौर जिला मुख्यालय के साडा क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे और अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने के लिए उपायुक्त अविनेन्द्र शर्मा की अगुवाई में जिला व पुलिस प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया और अवैध कब्जे हटाए जिला पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने कहा कि सड़क के किनारे खड़े वाहनों और अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी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 अमर उजाला की सुर्खी है चीन से सटे क्षेत्रों के विकास के लिए गृह मंत्रालय ने हिमाचल को चेतावनी के साथ जारी किया बजट

सस्ती चीनी पर केन्द्र कड़वा शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है मोदी सरकार ने लगाई किशन कपूर की पांच रूपये सस्ती चीनी पर रोक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से अजीत समाचार लिखता है लोकसभा चुनाव हेतू कांग्रेस एकजुट भाजपा का होगा सफाया आपका फैसला की सुर्खी है किस्मत से मुख्यमंत्री बन गए जयराम ठाकुर

दैनिक सवेरा टाईम्स के मुताबिक हिमाचल में थर्मोकोल से बने कप प्लेट के उपयोग पर पाबंदी पंजाब केसरी के अनुसार सोमवार को होने वाली केबिनेट की बैठक में फिर खुल सकता है नौकरियों का पिटारा हिमाचल दस्तक का कहना है ईको टूरिज्म पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका डस्टबिन घोटाले की फाईल गायब शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है मुख्य सचिव कार्यालय से भेजे दस्तावेज सचिवालय के रास्ते में उड़नछू अमर उजाला की एक खबर स्कूली बच्चों से मन की बात करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पाठकों का ध्यान आकर्षिक करती है दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है राज्य महिला आयोग का होगा अपना प्रतीक चिन्ह केंद्र ने डेंगू की रोकथाम को एनसीडीसी की टीमें शिमला और बिलासपुर भेजी आपका फैसला की एक खबर है राज्य के पर्यटन स्थलों में खुशगवार मौसम का पर्यटकों द्वारा आनंद लेने की खबर पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है सोलंगनाला बना एंडवैंचर स्पॉट टूरिस्ट उठा रहे पैराग्लाईडिंग मांउटेन बाईकिंग का लुत्फ दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय शिक्षा के साथ रोजगार में लिखा है कि प्रदेश के कॉलेजों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगार देने की योजना युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छी पहल साबित होगी